चन्द्रयान टू ने आज दोपहर एक बहुत महत्वपूर्ण चरण पूरा कर लिया लैण्डर विक्रम अपने ऑर्बिटर से सफलतापूर्वक अलग हो गया है भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के वैज्ञानिकों ने दिन में एक बजकर पंद्रह मिनट पर ऑर्बिटर से लैण्डर को अलग करने का काम तेजी से पूरा किया बेंगलूरू में इसरो के मिशन कन्ट्रोल केन्द्र में वैज्ञानिकों और इंजीनियरों ने रिमोट से कुछ मिली सेकेण्ड में यह कार्य सम्पन्न किया हमारे संवाददाता ने बताया है कि इस चरण के बाद अब वैज्ञानिकों का प्ररा ध्यान लैण्डर मॉड्यूल को चन्द्रमा के दक्षिणी ध्र्व पर उतारने पर रहेगा सात सितम्बर को लैंडर मॉड्यूल के चंद्रमा के दक्षिणी ध्रव पर उतरने की संभावना है इस मॉड्यूल में में लैण्डर विक्रम और रोवर प्रज्ञान शामिल हैं जो इस समय आपस में जुड़े हुए हैं इस अभियान के पूरा होने के बाद भारत उन देशों के समूह में शामिल हो जायेगा जिन्होंने चन्द्रमा की सतह पर कदम रखा है

प्रदेश में सातवीं आर्थिक जनगणना के दूसरे चरण की आज पटना में शुरूआत की गयी केन्द्रीय सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री रविशंकर प्रसाद ने इसका शुभारंभ किया केन्द्र सरकार के कॉमन सर्विस सेंटरों द्वारा आर्थिक जनगणना में महत्वपूर्ण भूमिका निभायी जायेगी इन सेंटरों के माध्यम से बीस हजार चार सौ तिरानवे पर्यवेक्षकों और एक लाख चौरानवे गणकों का पंजीकरण किया गया है आर्थिक जनगणना के दौरान वैसे प्रतिष्ठानों और संस्थानों की गिनती की जायेगी जो कंपनी कानून के तहत पंजीकृत नहीं किये गये हैं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आज कहा कि जल जीवन हरियाली अभियान को सफल बनाने के लिये घरों में पेड़ लगाये जायेंगे श्री कुमार ने पटना में खाद्यान्न व्यवसायी संघ के कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि प्रदेश का हरित आवरण बढ़ाने के लिये समाज के हर वर्ग का सहयोग लिया जायेगा इसके अलावा सौर ऊर्जा से बिजली के उत्पादन को भी बढ़ावा दिया जायेगा मुख्यमंत्री ने व्यवसायियों को भयमुक्त होकर राज्य में कारोबार करने की अपील की उन्होंने कहा कि उनकी सुरक्षा की जिम्मेवारी राज्य सरकार की है और इसमें कोई कमी नहीं होने दी जायेगी समारोह को सिक्किम के राज्यपाल गंगा प्रसाद और उपमुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने भी संबोधित किया प्रदेश में वन महोत्सव के दौरान इस वर्ष लगभग सैंतीस लाख पौधे मनरेगा के तहत लगाये गये हैं ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार ने कहा कि वन महोत्सव सह सघन व्रक्षारोपण अभियान के तहत पचास लाख पौधे लगाने के लक्ष्य रखा गया था जिसमें से चौहत्तर प्रतिशत लक्ष्य पूरा कर लिया गया है उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने आज कहा कि विपक्ष द्वारा मंदी के बहाने पूरे देश में निराशा का माहौल बनाया जा रहा है पटना में आयोजित एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि तथाकथित मंदी की अफवाह के बावजूद चालू वित्त वर्ष के दौरान पहले चार महीने में चौंतीस हजार करोड़ रूपये का सामान प्रदेश में बिक्री के लिये लाया गया है उन्होंने कहा कि पिछले वर्ष एक लाख करोड़ रूपये से अधिक के सामान प्रदेश में बिक्री के लिये आये थे उन्होंने कहा कि प्रदेश में ऑटोमोबाईल का एक भी शो रूम बंद नहीं हुआ है और अप्रैल से जून के दौरान चार लाख अड़सठ हजार वाहनों की बिक्री हुई है जो पिछले वर्ष की इसी अवधि की तुलना में दस हजार चार सौ वाहन अधिक है पटना के दानापुर में आज से सेना भर्ती रैली शुरू हो गयी चौदह दिनों तक चलने वाली इस रैली के दौरान पटना सिवान भोजपुर वैशाली सारण गोपालगंज और बक्सर जिले में अलग अलग दिनों में सेना भर्ती दौड़ का आयोजन किया जा रहा है

बिहार और झारखण्ड सैन्य मुख्यालय के भर्ती के उप महानिदेशक ब्रिगेडियर एस एच जग्गी ने एक संवाददाता सम्मेलन में जानकारी दी समस्तीपुर जिले में जदयू के नेता संत कुमार सिंह की हत्या के विरोध में स्थानीय लोगों ने आज चांद चौड़ के महावीर चौक के पास कई घंटे तक राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या अठाईस पर विरोध प्रदर्शन किया आक्रोशित लोग अपराधियों की गिरफ्तारी की मांग कर रहे थे विरोध प्रदर्शन के कारण राष्ट्रीय राजमार्ग पर कई घंटे तक वाहनों की आवाजाही बाधित रही गौरतलब है कि अज्ञात अपराधियों ने जिले के उजियारपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत महथी गांव में देर रात जदयू के प्रखंड महासचिव की गोली मारकर हत्या कर दी थी जल संसाधन विभाग के अपर मुख्य सचिव अरूण कुमार सिंह को राज्य का नया विकास आयुक्त नियुक्त किया गया है गौरतलब है कि विकास आयुक्त का पद पिछले कुछ समय से रिक्त था सामान्य प्रशासन विभाग की ओर से जारी अधिसूचना के अनुसार वरिष्ठ आईएएस अधिकारी और पर्यटन विभाग के प्रधान सचिव उदय सिंह कुमावत को बिहार लोक प्रशासन और ग्रामीण विकास संस्थान बिपार्ड का महानिदेशक का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है आकलन वर्ष दो हजार उन्नीस बीस के लिए पांच करोड़ पैंसठ लाख से अधिक करदाताओं ने आयकर रिटर्न जमा किए हैं यह संख्या पिछले वर्ष की तुलना में चार प्रतिशत अधिक है केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के आंकड़ों के अनुसार आकलन वर्ष दो हजार अठारह उन्नीस के लिए पांच करोड़ बयालीस लाख आयकर रिटर्न भरी गई थीं बोर्ड ने एक वक्तव्य में बताया कि आकलन वर्ष दो हजार उन्नीस बीस के लिए इकतीस अगस्त को ही ऑनलाइन उनचास लाख उनतीस हजार लोगों ने आयकर रिटर्न भरीं जो अब तक एक दिन की सर्वाधिक संख्या है पटना और आसपास के क्षेत्रों में आज हल्की से मध्यम बारिश रिकार्ड की गयी मौसम विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार पटना जिले के कई इलाकों में दोपहर बाद हुई तेज बारिश हुई इससे लोगों को भीषण गर्मी से राहत मिली है मौसम विज्ञान केन्द्र पटना ने कहा है कि लोकल सिस्टम के कारण मध्य और दक्षिण बिहार के कुछ हिस्सों में बारिश हो रही है इधर नालंदा नवादा और गया जिले में कई स्थानों पर आज सुबह हल्की बारिश रिकॉर्ड की गयी हरितालिका तीज और गणेश चतुर्थी का पर्व आज राज्यभर में धूमधाम से मनाया जा रहा है सुहागिन महिलायें अखण्ड सौभाग्य के लिये तीज व्रत कर भगवान शिव और पार्वती की आराधना कर रही हैं गणेश चतुर्थी के अवसर पर श्रद्वालू विभिन्न पंडालों और घरों में भगवान गणेश की मूर्ति स्थापित कर उनकी पूजा अर्चना कर रहे हैं राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद उप राष्ट्रपति एम वेंकैया नायड् प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी राज्यपाल फागु चौहान और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इस अवसर पर लोगों को बधाई और शुभकामनाएं दी हैं मिथिला क्षेत्र का प्रसिद्ध पर्व चौठ चंद्र आज पारंपरिक श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाया जा रहा है हमारे दरभंगा संवाददाता ने बताया कि व्रतियों ने शाम के समय रोहिणी सहित चौठ चंद्र की पूजा अर्चना कर उन्हें अर्घ्य अर्पित किया पूर्व मूख्यमंत्री दारोगा प्रसाद राय की जयंती के अवसर पर आज उन्हें भावभीनी श्रद्वांजलि अर्पित की गयी इस अवसर पर पटना में आयोजित राजकीय समारोह में राज्यपाल फागु चौहान ने विकास भवन स्थित पूर्व मुख्यमंत्री की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर श्रद्वा सुमन अर्पित किये इस अवसर पर पथ निर्माण मंत्री नंद किशोर यादव दारोगा प्रसाद राय के पुत्र चंद्रिका राय सहित कई लोग उपस्थित थे शेखपुरा जिले के बरबीघा नगर परिषद के मुख्य वार्ड पार्षद रौशन कुमार और उप मूख्य पार्षद अन्नपूर्णा देवी के खिलाफ लाया गया अविश्वास प्रस्ताव गिर गया है आज विश्वास प्रस्ताव के दौरान मुख्य पार्षद और उप मुख्य पार्षद के समर्थन में सात वोट पड़े जबकि दो पार्षदों ने विरोध में मतदान किया पूर्वी चंपारण के पिपराकोठी में राष्ट्रीय लीची अनुसंधान केन्द्र की ओर से आयोजित किसान सम्मेलन में बागवानी को बढ़ावा देने के लिये किसानों को उन्नत किस्म के लीची के पौधे उपलब्ध करवाये गये कार्यक्रम का उद्घाटन पूर्व केन्द्रीय कृषि मंत्री और स्थानीय सांसद राधामोहन सिंह ने किया पटना जिले के दुल्हिन बाजार थाना क्षेत्र अंतर्गत सिंघाड़ा गांव में कुंए की सफाई के दौरान जहरीली गैस के रिसाव से दम घुटने के कारण एक ही परिवार के तीन लोगों की मौत हो गयी मुजफ्फरपुर जिले के गायघाट और बोचहां सीमा पर अपराधियों ने आज एक बैंक ग्राहक सेवा केन्द्र के संचालक से एक लाख रूपये लूट लिये रोहतास जिले में गोपाल नारायण सिंह विश्वविद्यालय के कृषि विज्ञान संस्थान द्वारा आज व्यापक व्रक्षारोपण कार्यक्रम आयोजित किया गया इस दौरान पांच हजार पौधे लगाये गये